छह फरवरी से दूसरे चरण में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्त्ताओं का होगा टीकाकरण

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

अब तक दो लाख बासठ हजार सात सौ चौरासी लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी भी लाभार्थी में टीके का गंभीर प्रतिकूल असर नहीं हुआ है इधर बिहार कोविड टीकाकरण के मामले में देश भर में आठवें स्थान पर पहुंच गया है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक टीकाकरण हुआ है इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना जांच के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है राज्य में अब तक लगभग दो करोड़ बारह लाख छत्तीस हजार कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है इस बीच राज्य सरकार ने छह फरवरी से कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरूआत करने का फैसला किया है इस चरण के तहत अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण होगा दूसरे चरण के लिए अब तक लगभग दो लाख लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया है राज्य में टीकाकरण का पहला चरण पांच फरवरी तक पूरा कर लिया जायेगा वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश गुप्ता ने देश में चलाये जा रहे कोविड टीकाकरण अभियान को पूरी तरह सुरक्षित बताया है डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि लोगों को भयमुक्त होकर टीका लगवाना चाहिए

एक दिन में एक सौ अड़तीस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख अंठावन हजार चार सौ सैंतालीस हो गई है वहीं इसी अवधि में बानवे नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा दो लाख इकसठ हजार चार हो गया है एक दिन में तीन लोगों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार पांच सौ दस हो गई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार छियालीस है राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को देखते हुए तीन साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है इन अधिकारियों में बीडीओ सीओ और एसडीओ शामिल होंगे साथ ही आयोग ने दागी और काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों का भी तबादला करने का आदेश दिया है प्रदेश में पुलिस की नौकरियों में ट्रांसजेंडर यानि किन्नर समुदाय को आरक्षण का लाभ मिलेगा गृह विभाग की ओर से इस संबंध में संकल्प जारी किया गया है गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने पटना उच्च न्यायालय में एक शपथ पत्र के माध्यम से यह जानकारी दी है इसमें कहा गया है कि ट्रांसजेंडर के लिए जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक के अधीन एक स्पेशल यूनिट का गठन होगा पहले इस यूनिट में एक दारोगा और चार पुलिसकर्मी रहेंगे बाद में इनकी संख्या बढ़ायी जायेगी पटना उच्च न्यायालय ने उन शिक्षकों को हटाये जाने पर रोक लगा दी है जिन्होंने तीस मार्च दो हजार उन्नीस तक डिप्लोमा इन एडुकेशन की डिग्री प्राप्त नहीं की थी न्यायमूर्ति ए के उपाध्याय की एकल पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया गौरतलब है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने अक्टूबर दो हजार उन्नीस में एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जो शिक्षक तीस मार्च दो हजार उन्नीस तक डीएलएड नहीं किये हैं और बारहवीं की कक्षा के बाद पचास प्रतिशत से कम अंक लाये हैं उन्हें सेवा से हटा दिया जायेगा आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की टीम ने गया से गांजा तस्करी के मामले में एक प्रशिक्षु दारोगा दो सिपाही और छह तस्करों को गिरफ्तार किया है ईओयू को एडीजी नैय्यर हसनैन खान ने बताया कि गिरफ्तार पुलिसकर्मी गांजा तस्कर को छोड़ने के एवज में रिश्वत मांग रहे थे उन्होंने बताया कि उत्पाद विभाग में पदस्थापित प्रशिक्षु दारोगा मुकेश शर्मा सिपाही अविनाश कुमार और रंजीत कुमार तथा छह तस्करों को दो सौ चालीस किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है श्री खान ने बताया कि मौके से तीन चार पहिया वाहन और चौसठ हजार रूपये भी बरामद किये गये हैं इन सभी पर डोभी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है मौसम विभाग ने कल और परसों प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में बन रहे प्रतिचक्रवात के कारण बारिश की संभावना है

राज्य सरकार युवाओं को रोजगार संबंधी सूचना उपलब्ध कराने के लिए नये पोर्टल की शुरूआत करेगी श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने बताया कि मार्च महीने से इस पोर्टल की शुरूआत होगी निबंधित युवाओं को एसएमएस के माध्यम से रोजगार संबंधी सूचनाएं उपलब्ध करायी जायेगी इंटरमीडिएट परीक्षा के तीसरे दिन कल एक सौ तीस परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया सबसे अधिक चालीस परीक्षार्थी जमूई से निष्कासित किये गये हैं वहीं दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे उनतीस परीक्षार्थियों की भी गिरफ्तारी हुई है इनमें सबसे अधिक तेईस फर्जी छात्र भागलपुर से पकड़ गये हैं प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया दस फरवरी से शुरू होगी बीस फरवरी तक आवेदन लिये जायेंगे नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा छह मार्च को आयोजित होगी आज विश्व कैंसर दिवस है इस अवसर पर कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्यभर में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इसका लक्ष्य लोगों को कैंसर की रोकथाम पहचान और उपचार के लिए प्रेरित करना है पटना के कई सरकारी और निजी अस्पतालों में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जांच शिविरों का आयोजन किया गया है एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में हर छह मिनट में कैंसर का एक नया मरीज सामने आ रहा है मुख्य रूप से मुंह गॉल ब्लाडर पित्ताशय स्तन और बच्चेदानी के कैंसर के मामलों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है वहीं गंगा के तटीय क्षेत्रों में पेयजल मे आर्सेनिक की अधिक मात्रा होने से कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री सबके साथ सबका विकास योजना के तहत सभी लोगों के बैंक खाते में एक एक लाख रूपये की राशि भेजी जा रही है साथ ही उन खबरों का भी खंडन किया गया है जिसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार मोदी लोन योजना के तहत सभी देशवासियों को पचहत्तर हजार रूपये दे रही है पत्र सूचना कार्यालयपीआईबी ने इन खबरों को फर्जी बताते हुए कहा है कि सरकार इस तरह की किसी भी योजना का संचालन नहीं कर रही है वैशाली जिले के बिदूपुर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक्सिस बैंक की शाखा से सैंतालीस लाख रूपये लूट के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से साठ हजार रूपये भी बरामद किये गये हैं भागलपुर की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के साथ द्रष्कर्म के मामले में दोषी ठहराये गये प्रभाष चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है साथ ही उस पर पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना भी किया गया है गया जिले के गुरूआ थाना क्षेत्र अंतर्गत नदी याइन गांव स्थित एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र से अपराधियों ने सवा लाख रूपये लूट लिये रोहतास जिले के नौहट्टा स्थित पहाड़ी से एसएसबी की टीम ने कुख्यात नक्सली बीरेन्द्र सिंह खरवार को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सली की पुलिस को कई नक्सली वारदातों में तलाश थी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 दैनिक भास्कर ने लिखा है रूपेश सिंह हत्याकांड मामले का पटना पुलिस ने किया खुलासा बाईक चोर है हत्यारा मृतक की पत्नी ने कहा झूठी कहानी गढ़ रही है पुलिस हिन्दुस्तान की सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट का फैसला सहायक प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी जरूरी दैनिक जागरण ने लिखा है सिर्फ नोट बरामद होना भ्रष्टाचार का पर्याप्त साक्ष्य नहीं सुप्रीम कोर्ट प्रभात खबर लिखता है नये कृषि कानूनों पर संसद में हंगामा विपक्ष ने कानूनों को वापस लेने की मांग की राष्ट्रीय सहारा ने कोविड टीकाकरण में विश्व भर में भारत के पहले स्थान पर रहने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक आज की सुर्खी है दिल्ली से बिहार तक बदला मौसम

छह फरवरी से दूसरे चरण में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्त्ताओं का होगा टीकाकरण